उपचुनाव धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा क्षेत्रों में आज हआ मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया और कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हई

आरंभ में मतदान काफी धीमा रहा लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मतदान में तेजी आती गई

पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के आठ मतदान केंद्रों पर सात बजे तक उन मतदाताओं ने वोट डाले जो पांच बजे से पहले मतदान केंद्र पहंच गए थे लेकिन लंबी कतार के चलते इन मतदाताओं को देर सांय तक वोट डालने के लिए इंतजार करना पड़ा इस उपच्नाव में युवा मतदाताओं में वोट डालने को लेकर खासा उत्साह देखा गया पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में अनेक मतदान केंद्रों पर लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में वोट डालने के लिए पहुंचे मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में दो सौ दो मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे

इसी के साथ धर्मशाला में सात और पच्छाद में पांच उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है दोनों ही स्थानों पर मुख्य मुकाबला सत्तारूढ भाजपा और कांग्रेस के बीच माना इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने धर्मशाला और पच्छाद उपचुनाव में अच्छे मतदान पर जा रहा है खुशी जताई है और कहा है कि ये भाजपा की जीत का आधार है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए उपयुक्त वातावरण जरूरी है राज्यपाल आज सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों के शिमला में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय ज्ञान विज्ञान मेले के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र न की उन्होंने कहा कि विज्ञान और संस्कृति दोनों का जीवन में समन्वय होना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि विज्ञान का इस्तेमाल उन्नति और प्रगति के लिए होना चाहिए न कि विध्वंस के लिए उन्होंने राज्य में शिक्षा के प्रचार प्रसार में हिमाचल शिक्षा समिति के प्रयासों की भी सराहना की मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने इस मौके पर कहा कि युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के प्रति शिक्षित करना आवश्यक है उन्होंने कहा कि आधुनिकता की मौजूदा दौड़ के बीच वैज्ञानिक शिक्षा को युवाओं के संपूर्ण विकास के लिए विशेष प्राथमिकता देना ज़रूरी है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि कृटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की चंगर पंचायत को पर्यटन की दुष्टि से विकसित करने के लिए डेढ़ करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे कंवर आज चंगर में ईको विलेज की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस ईको विलेज में जल संरक्षण पौध रोपण सौर ऊर्जा प्राकृतिक खेती और सॉलिड वेस्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर ईको विलेज विकसित करने की योजना आंरभ की गई है

पर्यावरण बदलाव से हो रहे नुकसान से निपटने के लिए इस योजना पर कार्य आरंभ किया गया है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आज गांधी संकल्प यात्रा के तहत मण्डी के कोटली क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों का दौरा किया और इस यात्रा के बारे में जनता को जागरूक किया रामस्वरूप शर्मा ने गांव गांव में पैदल जाकर लोगों को स्वच्छता अभियान पानी की बचत वर्षा जल संग्रहण प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने और फिट इंडिया अभियान से जोड़ने का आहवान किया उन्होंने कहा कि हमें अपने आस पास के वातावरण को स्वच्छ रखना होगा और लोगों को भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक करना होगा गांधी संकल्प यात्रा के तहत भाजपा राष्ट्रपिता महात्मागांधी के आदर्शों सिद्वांतों स्वराज और सादगी का प्रचार कर रही है स्मृति दिवस राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज शिमला के भराड़ी में एक समारोह में कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहूति देने वाले पुलिस के अमर शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई श्रद्वांजलि समरोह की अध्यक्षता प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एस आर मरड़ी ने की और शहीद पुलिस जवानों को श्रद्वांजलि दी गई मरड़ी ने इस दौरान प्रे वर्ष भर में देश भर में शहीद हुए जवानों के नामों का समरण किया उन्होंने इस मौके पर पुलिस कर्मियों के नाम राज्यपाल का संदेश भी पढ़कर सुनाया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से उनके एडीसी मोहित चावला जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से उनके विशेष सचिव डीसीराणा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार इस मौके पर आयोजित परेड पूर्ण रूप से महिला पुलिस कर्मियों द्वारा सम्पन्न की गई जिला मुख्यालयों और बटालियनों में भी इसी प्रकार के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया संजय कुंडु मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडु ने आज नई दिल्ली में लोकसभा टीवी के सीईओ आशीष जोशी राज्यसभा टीवी के सीईओ मनोज पांडे ओर प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति से भेंट की

कुंडु ने इस दौरान कहा कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी तथा प्रसार भारती की देश के सुदूर कोनों तक दर्शकों की बड़ी संख्या है पंचायत उपचुनाव प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में किन्हीं कारणों से खाली हुए पंचायत प्रतिनिधियों के पदों को भरने के लिए निर्वाचन की तिथियां घोषित कर दी गई हैं

नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा शिमला के रिज मैदान पर आयोजित पांच दिवसीय उड़ान मेला आज संपन्न हो गया समापन समारोह की अध्यक्षता बैंक की हिमाचल प्रदेश इकाई के मुख्य महा प्रबंधक निलय कपूर ने की उन्होंने इस मौके पर कहा कि कुछ स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद ग्राहकों द्वारा बेहतर पैकेजिंग के कारण काफी सराहे गए जो दूसरे समूहों को सीख के रूप में लेने चाहिए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाभांश प्रदान करने के लिए एसजे वीएनएल का आभार व्यक्त किया हाईवे पांवटा साहिब शिलाई राष्ट्रीय राजमार्ग को आज हल्के वाहनों और बसों के लिए बहाल कर दिया गया

फिलहाल इस सड़क से भारी वाहनों जिनमें लदे हुए ट्रक शामिल हैं को गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है

मौसम प्रदेश वासियों को कल से एक बार फिर खराब मौसम का सामना करना पड़ सकता है मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों में कहा गया है कि हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सकिय हो रहा है

इससे तापमान में और गिरावट आएगी इस बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बीते दिनों उंची चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद पूरे जिला में अभी से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है

लाहौल घाटी के कोकसर दारचा और म्याड़ घाटी में न्यूनतम तापमान अभी से ही जमाव बिंदु से नीचे चला गया है